मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गंगा नदी हमारी आस्था ही नहीं अर्थव्यवस्था भी है इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार गंगा यात्रा शुरू कर रही है मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित गंगा यात्रा के लिये बिजनौर एवं बलिया के लिये गंगा रथों को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया और गंगा यात्रा के थोम शॉग को भी लांच किया

इस मौके पर उन्होंने कहा कि गंगा भारत की नदी संस्कृति का प्रतीक है इसके तट पर सभ्यताएं विकसित हुई हैं और परम्पराएं आगे बढ़ी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि माँ गंगा के प्रति अटूट आस्था को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे परियोजना का पूरे देश में लागू किया उन्होंने कहा कि गंगा नदी देश के पांच राज्यों में दो हजार पांच सौ पच्चीस किलोमीटर की यात्रा तय करती है इसमें एक हजार पच्चीस किलोमीटर से ज्यादा की दूरी उत्तर प्रदेश में तय करती ह इसलिये स्वाभाविक रूप से इसकी स्वच्छता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश की है इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिये कई कदम उठाये हैं

इसके साथ ही गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में गंगा पार्क तलाब और मैदान का निर्माण भी किया जायेगा

प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का जन जागरण अभियान जारी है इसके अन्तर्गत आज आगरा जिले म नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि दलित नेताओं द्वारा सीएए का विरोध किया जा रहा है वे यह नहीं जानते हैं कि पड़ोसी देशों से आये दलितों को बड़ी संख्या में इस कानून के जरिये नागरिकता मिलेगी उन्होंने कहा कि दलित नेता और कांग्रेस पार्टी सीएए के बारे में कुछ नहीं जानते ह वे केवल लोगों को भ्रमित कर रहे ह जबकि इस कानून का विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है श्री नड़डा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का वादा किया था अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनके इस वादे को पूरा कर रहे हैं

रैली में केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र पाण्डेय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजुद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

इस बार यह कार्यक्रम शाम छह बजे प्रसारित किया जाएगा इससे पहले सामान्यता यह कार्यक्रम दिन के ग्यारह बजे प्रसारित होता था

प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनन्दीबेन पटेल ने छात्र छात्राओं से महाविद्यालय से अर्जित ज्ञान राष्ट्र व समाज को समर्पित करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि नये भारत के निर्माण में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये तैयार रहे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सर्वांगीण विकास के लिये महात्मा बुद्ध के सामाजिक समरसता के संदेश को भी ग्रहण करना होगा महात्मा बुद्ध ने शिक्षा को सबसे शक्तिशाली हथियार बताया है जो दुनिया को बदल सकता है

इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गये

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा कि सुभाष चन्द्र बोस ने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की जयहिंद का नारा दिया और हजारों लोगों को स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया

प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में घंटाघर का नाम बदल कर सुभाष टॉवर किये जाने की घोषणा की साथ ही शहर के एक चौराहे का नामकरण भी सुभाष चौराहे के नाम से किया इस मौके पर श्री खन्ना ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का आजादी के लिये दिया गया योगदान अविस्मरणीय है

कुशीनगर और मऊ जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में नेताजी की प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वाजलि दी गई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी शामिल हुए और सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया अमरोहा और हापुड़ में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये वहीं मिर्जापुर में आयोजित गोष्ठियों में सुभाष चन्द्र बोस के बताये हुए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया इस अवसर पर अयोध्या के जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को फल वितरित किये गय साथ ही सैन्य शहीदों की पत्नियों को सम्मानित भी किया गया गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं

आजादी के बाद के सभी शहीद सैनिकों की स्मृति में पारंपरिक सलामी समारोह पहली बार राष्ट्रीय राजधानी स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर आयोजित किया जाएगा आज सवेरे राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का फूल ड्रेस रिहर्सल किया गया प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही है लखनऊ स्थित विधान भवन पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा गणतंत्र दिवस परेड का कल पूर्वाभ्यास किया गया इस अवसर पर परेड निकाली गई और सेना के टैंकों ने प्रदर्शन किया वहीं स्कूली बच्चों ने जन जागरूकता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये उच्चतम न्यायालय राम सेतू के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमण्य्म स्वामी की याचिका पर तीन महीने बाद विचार करेगा इस याचिका में श्री स्वामी ने केन्द्र को यह निर्देश देने की माग की है कि राम सेतू को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया जाए राम सेतू भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है यह चूने के पत्थरों से बना है रामायण के अनुसार इसका निर्माण वानर सेना ने किया था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों एनआईटी के स्थायी परिसर बनाने के लिए चार हजार तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की

मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़े वर्ग की उपजातियों के वर्गीकरण की जांच के लिए गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को भी मंजूरी दी